यित्तमंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाक्र ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को बढाया देने के लिए घोषित किये गये आर्थिक पैकेज की तीसरी किश्त में कृषि और इससे संबद्ध क्षेत्रों को राहत देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा उन्होंने नई दिल्ली में इस पैकेज के बारे में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई कदम उठाये हैं वित्तामंत्री ने बताया कि किसानों के लिए एक लाख करोड रूपये के कृषि ब्नियादी ढांचा कोष की घोषणा की गई है

उन्होंने बताया कि दृग्ध उत्पादक किसानों के लिए पांच हजार करोड रूपये का विशेष प्रावधान किया गया है

केंद्रीय रेल मंत्री पियूष गोयल ने राज्य सरकारों पर श्रमिकों की वापसी के लिए कई गैर भाजपा शासित राज्य सरकारों से सहयोग न मिलने की बात कही है श्री गोयल ने कहा है कि कई राज्य जैसे पष्चिम बंगाल राजस्थान छत्तीसगढ और झारखंड अपने राज्यों में पर्याप्त सख्या में श्रमिक स्पेषल ट्रेनों की अनुमति नहीं दी जा रही है जिससे श्रमिकों को कष्ट सहना पड़ रहा है

वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों को लाने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्व है और इसके लिए समी जरूरी संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को लाने के लिए हवाई जहाज का भी इस्तेमाल किया जाएगा इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनुमति मांगी गई है श्री सोरेन ने कहा कि विशेष ट्रेनों और बसों से प्रवासी श्रमिको विद्यार्थियों और अन्य लोगों को वापस लाने का सिलसिला लगातार जारी है और यह प्रक्रिया तबतक चलेगी जब तक सभी प्रवासी श्रमिक सुरक्षित घर नहीं आ जाते हैं मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने केंद्रीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल को अवगत कराते हए कहा कि रेल मंत्रालय द्वारा आप तक सही जानकारी नहीं पहँचायी गयी

झारखण्ड ने देश में सबसे पहले ट्रेन चलाने का आग्रह किया था मुख्यमंत्री ने कहा है कि झारखण्ड के लिए अधिक से अधिक ट्रेन चलायी जायें

धनबाद के इक्कतालीस सहित झारखंड के अन्य जिलों के मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेषल ट्रेन धनबाद पहुंची है चौदह सौ चौहत्तर प्रवासी श्रमिकों को लेकर चौबीस बोगियों वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेन कोझिकोड से चलकर आज दोपहर दो बजे धनबाद पहुंची बता दें कि इससे पूर्व आज सुबह आठ बजकर पचपन मिनट पर धनबाद के चौसठ सहित झारखंड के अन्य जिलों सहित बिहार और पश्चिम बंगााल के कल तेरह सौ चालीस प्रवासी श्रमिकों को लेकर चौबीस बोगियों वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेन चेन्नई से चलकर धनबाद पहुंची थी धनबाद उपायुक्त अमित कुमार के निर्देशानुसार प्रवासी श्रमिकों को सबसे और सबसे पीछे की बोगी से प्लेटफॉर्म पर उतारा गया

राष्ट्रव्यापी पूर्ण तालाबंदी के कारण देश के विमिन्न राज्यों और महानगरों में फंसे झारखंड के प्रवासी कामगारों विद्यार्थियों मरीजों और उनके परिजनों तथा अन्य नागरिकों की घर वापसी सुनिश्चित करने के मुददे को लेकर प्रदेश कांग्रेस के एक शिष्टमंडल ने आज मुख्यमंत्री आवास जाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ रामेश्वर उराव कांग्रेस विधायक दल के नेता सह ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाक्र प्रदेश प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे और लाल किशोर नाथ शाहदेव उपस्थित थे जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि हम हमेशा भारत के आदिवासी युवाओं के एकीकृत और समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा मे जनजातीय मंत्रालय और फेसब्क इंडिया के साझेदारी में गोल के दूसरे चरण का उद्घाटन श्री मुंडा ने आज किया इस अयसर पर श्री मुंडा ने कहा कि इस मेंटरशिप प्रोग्राम के माध्यम से हम डिजिटल साक्षरता जीवन कौशल और उद्यमशीलता के मुख्य क्षेत्रों में आदिवासी क्षेत्रों की युवाओं को व्यक्तिगत रूप से उचित परामर्श के लिए प्रेरित करेंगे उन्होंने कहा कि कोविड महामारी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के मद्देनजर डिजिटल साक्षरता महत्वपूर्ण हो गई है कार्यक्रम के माध्यम से फेसबुक के साथ हमारी सा झेदारी उसी दिशा में एक कदम है

रांची के उपमहापौर संजीव विजयवर्गीय ने झारखंड सरकार से रांची सहित सभी नगर निकायों में होल्डिंग टैक्स में छूट देने की मांग की है आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर केंद्र की तर्ज पर राहत पैकेज देने की मांग की गई है इसके तहत होल्डिंग टैक्स में छट देने का आग्रह किया गया है उपमहापौर ने कहा कि एक हजार वर्ग फीट तक के घरों का टैक्स पूरी तरह माफ करने और एक हजार वर्ग फीट से ऊपर के घरों से पचास प्रतिषत होल्डिंग टैक्स लेने की मांग की गई है

देवघर के पुलिस अधीक्षक पियुष पांडे ने बताया कि साइबर डीएसपी के नेतृत्व में गठित टीम ने छापेमारी कर अपराधियों को गिरफ्तार किया गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर पांच अन्य अपराधियो की भी गिरफ्तारी हुई इस दौरान अपराधियो के पास से एक लाख नगद एक लैपटॉपउनतीस मोबाइल फोनपंद्रह सिम तीरपन एटीएम और एक क्लोनिंग मशीन भी बरामद की गयी है

पुलिस ने चोरों से देशी पिस्टल गोली बाइक समेत चोरी किये गए जेवरात बैंक पास बुक वोटर कार्ड मोबाइल कार और चोरी के अन्य सामान बरामद किए हैं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 देश के अलग अलग हिस्सों से हर दिन श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन मजदूरों को लेकर डालटनगंज पहुंच रही है आज आंध्र प्रदेश के रायनपाड से श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन पहंची

स्टेशन पर मेडिकल टीम के द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग के बाद खाने के पैकेट्स और पेयजल देकर मजदूरों का स्वागत किया गया